प्रदेश की कीथम झील को रामसर स्थल में किया किया शामिल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर कल उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की श्री मोदी ने कहा कि बिरसा मुंडा सही अर्थों में गरीबों के मसीहा थे भगवान बिरसा मुंडा ने सिर्फ अपने पारंपरिक तीर कमान से ही बन्द्रक और तोपों से लैस अंग्रेजी शासन को हिताकर रख दिया था दस्असल जब लोगों को एक प्रेरणादायी नेतृत्व मिलता है तो फिर हथियारों की शक्ति पर लोगों की सामूहिक इच्छाशाक्ति भारी पड़ रही है भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से न केवल राजनीतिक आजादी के लिए संघर्ष किया बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी

वंचितों और शोषितों के अंघेरे से भरे जीवन में लिए सूरज की तरह चमक बखेरी है

प्रारूप नियमों में कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ग्रेच्युटी मातृत्व लाभ सामाजिक सुरक्षा और भवन तथा अन्य निर्माण कामगारों असंगठित क्षेत्र के कामगारों आदि से संबंधित उपकर के बारे में संहिता में उल्लिखित प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था है मंत्रालय ने हित धारकों से इस बारे में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं

प्रारूप नियमों में केन्द्र सरकार के पोर्टल पर असंगठित कामगारों और प्लेटफार्म कामगारों आदि सहित आधार आधारित पंजीकरण की भी व्यवस्था है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी ने डाकिया के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की सेवा सफलतापूर्वक शुरु की है इससे पेंशन पाने वाले व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं

इस सुविधा को देशभर में उपलब्ध कराने के लिए पेंशन और पेंशनधारक कल्याण विभाग ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने की योजना बनाई है इससे घर घर जाकर पेंशनधारकों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र हासिल करने की सुविधा शुरु की गई है

मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा तेलांगनाउत्तराखंड तमिलनाडु चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर केरल गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में धान की खरीद बिना किसी बाधा के जारी है

खेल मंत्रालय ने अपनी तरह की अनूठी पहल के तहत निजी क्षेत्र की पांच सौ अकादमियों को आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की है

केन्द्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इन संस्थानों को सरकारी सहायता देना महत्वपूर्ण है ताकि देश के दूर दराज़ इलाक़ों में भी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया जा सके उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले से ख़ासतौर से निजी क्षेत्र की अकादमियों को बुनियादी ढांचे के स्तर संसाधन और खेल विज्ञान सहायता में सुधार को प्रोत्साहन मिलेगा और खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण मिल सकेगा केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में दो और आर्दभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है ये दो स्थान हैं प्रदेश के आगरा का सुर सरोवर जिसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है और महाराष्ट्र की लोनार झील श्री जावड़ेकर ने एक ट्वीट में कहा कि आर्द्रभूमि क्षेत्र दुनिया के ऐसे स्थल हैं जो पानी को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं ये धरती पर सबसे प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र हैं

इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए आर्द्रभूमि क्षेत्रों के विकास और रखरखाव का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बनाना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये संकल्पित है उन्होंने कहा कि कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये जिसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हो इससे प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे

उन्होंने बताया प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटे में कोरोना से संक्रमित चौदह सौ नये मामले आये हैं और इस समय लगभग तेईस हज़ार कोरोना के सक्रिय मामले हैं श्री कुमार ने बताया कि प्रदेश में अब तक एक करोड़ सत्तर लाख से अधिक सैम्पल की जा चुकी है उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद भी राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा जांच पर फ़ोकस कर रही है

देश में नये मामलों की संख्या कुल मामलों का सिर्फ पांच दशमलव चार चार प्रतिशत है

इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत एक दशमलव चार सात है जो दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में न्यूनतम है

अयोध्या में प्राचीन मान्यताओं को संजोये सरयू तट स्थित जमथरा घाट पर कार्तिक श्क्ल पक्ष द्वितिया के अवसर पर परम्परागत ढंग से यम् द्वितिया का कोविड नियमों का पालन करते हुए मेला लगा है जहाँ सुबह से ही श्रद्वालु पवित्र सरयू नदी में स्नान कर दीर्घायु होने की कामना लेकर यमराज की प्रजा अर्चना कर रहे हैं मथुरा में यम की फांस से मुक्ति पाने की अभिलाषा लेकर गुजरात महाराष्ट्र बिहार मध्य प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्वालु आज ब्रम्हमुहूर्त से ही यमुना में डुबकी लगा रहे है अयोध्या और गोरखपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिरों में भगवान चित्रगुप्त का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है इस बीच भैया दूज का त्योहार परम्परागत ढंग से हर्षोल्लास के वातावरण में संपन्न हो रहा है परंपरा के अनुसार भाई अपनी बहनों के घर भोजन करने पहंचे तो बहन भाई को टीका करके उनकी लम्बी आय की कामना करती हैं और भाई बहन को उपहार देने के साथ साथ उनकी रक्षा का वचन देते हैं कहतें हैं कि भाई बहन के इस प्रेम को देख कर यमराज भी प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल शाम हल्की बारिश हुई मौसम कार्यालय के अनुसार इटावा औरैया हरदोई सीतापुर बहराइच बाराबंकी गोंडा श्रावस्ती जालौन कानपुर नगर कानपुर देहात और अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है प्रदेश के पूर्वी जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज पछुवा हवाएं चल रही है जिससे ठण्ड में बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है